देहरादून में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने ली परेड की सलामीसभी जिला मुख्यालयों में हए कार्यक्रम आयोजित गणतंत्र दिवस पर पद्म सम्मान की हुई घोषणाबछेंद्री पाल को पद्म भूषण प्रीतम भरतवाण और अनूप साह को पद्मश्री से नवाजा जाएगा प्रदेश में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हुई बर्फबारीशीतलहर से जनजीवन हुआ प्रभावित

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी ली दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा मुख्य अतिथि रहे

आज राजपथ से दुनिया ने भारत का दमखम देखा

वहीं इस वर्ष पहली बार असम रायफल्स के महिला दस्ते ने मेजर खुशबू कंवर के नेतृत्व में मार्च पास्ट किया इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर राष्ट्र की ओर से शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की

मुख्य कार्यक्रम राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में हुआ जहां राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इंडारोहण के बाद परेड की सलामी ली इस मौके पर विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियां भी निकाली गई राज्यपाल और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की श्रभकामनाएं दी प्रदेश के सभी सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयों में भी झंडा फहराया गया सचिवालय में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया इस अवसर पर पुलिस प्लाटून द्वारा झण्डे को सलामी दी गयी

उन्होंने पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह और सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान कर सभी पदक विजेताओं को बधाई दी प्रदेश के अन्य जिलों में भी कई रंगारंग कार्यक्रम हुए सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में जिला प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत ने पुलिस लाईन में झण्डारोहण किया

बागेश्वर में पुलिस लाईन में राज्य मंत्री रेखा आर्या ने ध्वाजारोहण किया इस मौके पर संविधान की गरीमा और उसके पालन की भी शपथ ली गई टिहरी के बौराड़ी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जिलाधिकारी सोनिका ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी गणतंत्र दिवस ध्रमधाम से मनाया गया प्रदेश की सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवानों ने शून्य से पंद्रह डिग्री कम तापमान में भी पूरी गर्मजोशी के साथ गणतंत्र दिवस मनाया

राजपथ पर जब उत्तराखण्ड राज्य की झांकी निकली तो तालियों की गड़गडाहट से लोगों ने स्वागत किया

झांकी का थीम सॉन्ग प्रसिद्ध लोकगायक नरेन्द्र सिंह नेगी ने गाया है

उत्तराखंड से तीन विभूतियों के नाम भी पद्म प्रस्कारों के लिए घोषित किये गए हैं माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली उत्तराखंड की बेटी बछेंद्री पाल को पद्मभूषण जागर सम्राट और लोकगायक प्रीतम भरतवाण और पर्वतारोहण व पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले फोटोग्राफर अनूप साह को पदमश्री सम्मान मिलेगा लोकगायक प्रीतम भरतवाण ने पद्मश्री सम्मान के लिए नाम घोषित किये जाने पर इसे लोक कला का सम्मान बताया

वहीं समाजसेवी नानाजी देशमुख गायक भूपेन हजारिका और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिये जाने की घोषणा की गई है स्लग राष्ट्रपति संबोधन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत सभी समूहों समूदायों धर्मो और व्य्कयों का है क्योंकि बहलवाद इसकी सबसे बड़ी ताकत और विश्व के लिए उदाहरण है

राष्ट्रपति ने सामान्य श्रेणी के गरीब परिवार के प्रतिभावान बच्चों को दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन को महात्मा गांधी और लोगों के सपनों के भारत की ओर बढ़ने का एक कदम बताया अगले आम च्नाव के महत्व पर राष्ट्रपति ने कहा कि चुनाव केवल राजनीतिक प्रयोग नहीं है बल्कि समझदारी और कर्म के लिए सामूहिक आह्वान है उन्होंने कहा कि चुनाव भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने और विकसित देश के निर्माण की ओर बढ़ने के मार्ग की ताकत है स्लग मौसम प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ है हालांकि देहरादून समेत कहीं कहीं आज धूप खिली रही कल रात को भी गढ़वाल और क्माऊं मंडल के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कहीं कहीं बर्फबारी हुई पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में इस बार रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है भारी बर्फबारी के कारण मुनस्यारी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क भी बाधित हई वहीं जगह जगह बंद मार्गों को खोलने का काम जारी है

वहीं मैदानी इलाकों में कोहरा परेशान कर सकता है

इंटरनेट के बंद होने पर यह ऑफलाइन मोड में भी काम करता है इसमें हिंदी में भी जानकारी उपलब्ध है

स्लग मुख्य सचिव बैठक उत्तरकाशी शहर में छोटे छोटे कूड़ा प्रबंधन परियोजनाओं की सम्भावना तलाशने के लिए वार्ड वार स्थलों का चयन किया जाएगा